उच्चतम न्यायालय ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी में विफल रहने पर बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगायी मंजू वर्मा को पति चन्द्रशेखर वर्मा का मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में नाम सामने आया था और इसके बाद मंजू वर्मा के घर पर की गयी छापेमारी में सीबीआई ने बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किये थे अभी तक मंजू वर्मा की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है जबकि उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा ने लंबे समय तक फरार रहने के बाद बेगूसराय की एक निचली अदालत में कल आत्मसमर्पण कर दिया इधर उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल भेजने के आदेश दिये हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र क्शवाहा ने अगले वर्ष होने वाले लोक सभा चूनावों में एनडीए के घटक के रुप में बिहार में अपनी पार्टी को सम्मानजनक सीटें दिये जाने की मांग की है इस सिलसिले में श्री कुशवाहा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि श्री यादव से उनकी मुलाकात काफी सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रही उन्होंने कहा कि वे गठबंधन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं लेकिन जब एनडीए लाभ में था तो उन्हें वंचित क्यों किया गया श्री कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सभी दल के नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए लेकिन रालोसपा को छोड़ दिया गया रालोसपा अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे श्री कुशवाहा ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए पार्टी के छियासठ प्रत्याशियों की सूची जारी की राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर फैसला सर्वदलीय समन्वय समिति लेगी श्री यादव ने कहा कि जल्द ही इस समिति का गठन किया जायेगा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी इसका समर्थन किया है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सुरक्षा बल के दो जवान शहीद हो गये हमले में दूरदर्शन समाचार के एक कैमरा मैन की भी मौत हो गयी द्रदर्शन की तीन सदस्यीय टीम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव कवरेज के लिए दंतेवाड़ा के अरणपुर क्षेत्र में गयी थी इसी दौरान नक्सलियों ने उनपर गोलीबारी कर दी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवद्धन राठौड़ ने कैमरा मैन अच्यूतानंद साहू और दो सुरक्षाकर्मियों के निधन पर गहरा शोक जताया है उन्होंने कहा कि कैमरा मैन के परिवार को दूरदर्शन की ओर से दस लाख रूपये और पत्र सूचना कार्यालय के पत्रकार कल्याण कोष से पांच लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी

इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही जितने भी मीडियाकर्मी हैं और जितने भी लोग जो ऐसी खतरनाक जगहों पे जहां जाते हैं उसको कवर करते हैं मैं आज उनको याद करता हूं और उनके शौर्य को याद करता हूं कि वो वहां जाकर देशभर को वहां की इतला देते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने भी दूरदर्शन के कैमरामैन और सुरक्षाकर्मियों के नक्सली हमले की शहादत पर दुख व्यक्त किया है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर वेमपति ने छत्तीसगढ ़में विधानसभा चुनाव की कवरेज में तैनात दूरदर्शन की बहादुर टीम के प्रति एकजुटता व्यक्त की उप मुख्यमंत्री सुशील कुमर मोदी ने मॉरीशस में बसे बिहारवासियों से आहवान किया है कि वे अपनी जड़ को पहचाने भोजपुरी भाषी संघ की ओर से मॉरीशस में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार फाउंडेशन द्वारा मॉरीशस चैप्टर की स्थापना की जायेगी उन्होंने अगले वर्ष वाराणसी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरीशस के लोगों से भाग लेने की अपील की कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है आज पटना में तीन दिवसीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण से गांवों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं उन्होंने किसानों से प्रसंस्करण और वैकल्पिक खेती अपनाने का आह्वान किया कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में तेरह सौ से अधिक कृषि क्लिनिक और व्यवसायी केन्द्र स्थापित किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे एक सौ बेरासी मीटर ऊंची श्री पटेल की प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के निकट साधू बैट द्वीप पर बहुत कम समय में तैयार की गई है इधर सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर देश भर में कल एकता दौड़ का आयोजन किया जायेगा वहीं भाजपा ने कल पटना सहित प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर एकता दौड़ का आयोजन किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा पटना पूर्णिया सीतामढ़ी और कटिहार जिले में विभिन्न स्थानों पर रन फॉन यूनिटी के अलावा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी शेखप्ररा में पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों के वेतन मद से लगभग पचास लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एस पी कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई अन्य को हिरासत में लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है प्रदेश में अलग अलग इलाकों में लूट की घटना में अपराधियों ने साढ़े पांच लाख रूपये लूट लिये बक्सर जिले के डुमराव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीएसपी संचालक से दो लाख रूपये लूट लिये वहीं वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसपुर इजरा गांव के पास बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक किसान से लूटेरों ने दो लाख रूपये लूट लिये उधर पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र के गेट नम्बर संतानवे के पास एक व्यापारी से अपराधियों ने डेढ़ लाख रूपये लूट लिया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप डेंगू और चिकनगुनिया की जांच और उपचार करने को कहा है उन्होंने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है श्री पांडेय ने मच्छरों से बचाव करने के लिए एहतियाती उपाय करने की अपील की हजरत ईमाम हुसैन और उनके बहत्तर साथियों की शहादत की याद में चेहल्लुम आज पूरी श्रद्धा और पारंपरिक विश्वास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मातमी जुलूस निकाला गया पटनासिटी में चालीसवां के मौके पर पूरी रिवायत के साथ दुलदुल निकाला गया राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज चेहल्लुम के अवसर पर कर्बला के शहीदों को नमन किया है प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने एक सीमेंट व्यवसायी सहित दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी राजधानी पटना से लगे नेउरा पुलिस आउट पोस्ट इलाके में आज दिनदहाड़े एक सीमेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी व्यवसायी पंकज शर्मा उर्फ झब्लू अपनी दुकान खोलने जा रहे थे तभी ब्रह्मस्थान के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन्हें नजदीक से गोली मार दी वहीं मुजफ्फरपुर जिले में तुर्की आउट पोस्ट क्षेत्र के पुपरी गांव में शराब का धंधा करने वाले एक व्यक्ति की उसके सहयोगियों ने हत्या कर दी है इधर पूर्वी चम्पारण जिले में पिछले दिनों प्रोपर्टी डीलर संजय सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व मुखिया पति सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है समस्तीपूर जिले के मथुरापूर आउट पोस्ट थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक के पास से पुलिस ने आज चार कुख्यात अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया पुलिस उपाधीक्षक प्रीतिश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से तीन पिस्तौल कुछ कारतूस पांच मोबाईल और लूटी गई तीन मोटरसाइकिल बरामद की गयी है गया जिले में खिजरसराय थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर नकली एटीएम कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है इस मामले में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर दियारा में अपराधियो ने पैक्स अध्यक्ष के साथ मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया